सभापति एम वेंकैया नायड ने मेजों की थपथपाहट के बीच चुनाव परिणाम की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी है श्री मोदी ने कहा कि पत्रकार के रूप में श्री हरिवंश ने सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया

यह आंदोलन मुंबई के गवालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ था आज का दिन हर वर्ष अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है

अगस्त कान्ति दिवस के अवसर पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात नया भारत और आजादी की प्रासंगिकता विषय पर हिन्दी और अंग्रेजी में विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा इसे एफ एम गोल्ड चैनल पर रात साढे नौ बजे से सना जा सकता है इस कार्यक्रम में हमारे दिल्ली स्टडियो में बैठे विशेषज्ञ मुंबई चेन्नई गुवाहाटी जयपुर जम्मू और लखनऊ आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे

इस मौके पर राज्यस्तरीय समारोह प्रतापगढ में आयोजित किया गया

उदयप्र में विश्व आदिवासी दिवस पर विभिन्न संगठनों और आदिवासी महासभा की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए

बांसवाड़ा में मानगढ धाम पर तथा जिला मुख्यालय पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ

बाद में जनसभा को सम्बोधित करते हए मुख्यमंत्री ने आम लोगों को सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी

झालावाड़ में आज सभी चिकित्सा संस्थानों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया